मुंबई में पत्रकारों से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इन कंपनियों को विस्तृत प्रश्नावली भेजी गई है और उनके उत्तर की प्रतीक्षा है श्री गोयल ने कहा कि यदि ये कंपनियां कानून का पूरी तरह पालन नहीं करेंगी तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी

ई कॉमर्स एक मार्किट प्लेस है और उस प्लेटफार्म के उपर जो बेचना चाहे सामान वो आके बेच सकता है जो खरीदना चाहे वो खरीद सकता है लेकिन ई कॉमर्स कंपनी को कोई अधिकार नहीं है वो उसके प्रोडक्ट्स को सस्ते में बेच के और जो हमारी रिटेल की व्यवस्था है उसको नुकसान पहुंचाए अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ ने केन्द्रीय मंत्री को पत्र लिखकर ई कॉमर्स कंपनियों विशेष रूप से एमजॉन और फ्लिपकार्ट के व्यापार मॉडल का लेखा परीक्षण कराने की मांग की थी

उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को उच्च स्तरीय यातायात सुविधाएं उपलब्ध करान के लिए सड़कों को गड्ढामुक्त करते हुए निर्बाध आवागमन सुनिश्चित कराना चाहती है

उन्होंने कहा कि मरम्मत और निर्माण काय में हर हाल में गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जायेगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जीतेंद्र सिंह ने कहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक अनूठी और सफल स्वास्थ्य बीमा योजना है

केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत विश्व की सबसे तेज वृद्धि दर वाली अर्थव्यवस्थाओं में है तथा इसे और मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं कल वाशिंगटन में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि अंतराष्ट्रीय मुद्राकोष ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर में कमी का अनुमान व्यक्त किया है लेकिन देश की अर्थव्यवस्था तेज वृद्धि दर से विकसित हो रही है पिछले दो वर्षों में भारत के रक्षा निर्यात में सात गुना बढ़ोतरी हुई है और यह दो अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है कल बेंगलुरू में सुरक्षा और प्रतिरक्षा विशेषज्ञों की बैठक में रक्षा उत्पादन विभाग में संयुक्त सचिव डॉक्टर संजय जाजू ने बताया कि निकट भविष्य में रक्षा निर्यात को बढ़ाकर पांच अरब डॉलर करने और देश को उच्च स्तरीय रक्षा उत्पाद का केन्द्र बनाने का प्रयास किया जा रहा है प्रतिरक्षा क्षेत्र में स्टार्ट अप्स की भूमिका के बारे में डॉक्टर जाजू ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्व चालित प्रणालियों साईबर सुरक्षा स्मार्ट हथियारों और गोलाबारूद जैसे क्षेत्रों में स्टार्ट अप्स की नई और महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है

इस प्रदर्शनी का शुभारम्भ आज विधायक सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा किया गया इस अवसर पर पीआईबी और आरओबी के अपर महानिदेशक आरपीसरोज सहित अन्य अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे प्रदर्शनी में आम जनता को प्लास्टिक के प्रयोग को बंद करने तथा स्वच्छता और सफाई को अपनाने पर आधारित चित्रांकन किया गया है यह प्रदर्शनी कल शाम छह बजे तक लोगों के लिये निःशुल्क खुली रहेगी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

प्रदेश के संसदीय कार्य वित्त और चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा है कि राज्य में चिकित्सकों की कमी को जल्द ही पूरा किया जायेगा

उन्होंने कहा कि राज्य में अभी तीन हजार पांच सौ की आबादी पर एक चिकित्सक है इस व्यवस्था को जल्द ही बदला जायेगा प्रदेश में ग्यारह सीटों के उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान चरम पर है कल सायं चुनाव प्रचार समाप्त हो जायेगा इक्कीस अक्त्बर को इन सीटों के लिये वोट डाले जायेंगे और चौबीस अक्तूबर को वोटों की गिनती होगी कुल एक सौ दस प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं हमारे संवाददाता ने बताया कि रामपुर सीट सहित कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में राजनीतिक पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है राज्य की जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है वे हैं लखनऊ कैण्ट सहारनपुर की गंगोह रामपुर अलीगढ़ की इकला कानपुर की गोविन्दनगर चित्रकूट की मानिक पुर प्रतापगढ़ बाराबंकी की जैतपुर अम्बेडकरनगर की जलालपुर बहराइच की बलहा और मऊ की घोसी इनमें से तीन सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं इनमें से रामपुर और जलालपुर को छोड़कर सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थीं इस बीच भाजपा सपा बसपा और कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में च्रनाव प्रचार कर रहे हैं भाजपा नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रामपुर में चुनावी सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि सुरक्षा और विकास की जिम्मेदारी सरकार की है और वह बिना भेदभाव के विकास कर रही है भाजपा नेता साध्वी निरंजन ज्योति और डॉक्टर महेन्द्र सिंह ने मानिकपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने प्रतापगढ़ में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया उधर चित्रकूट में शत प्रतिशत मतदान के लिये मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिलाधिकारी शेषमणि पांडेय और पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार झा ने लोगों से बिना किसी के डर के स्वतंत्र रूप से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की इस बार विधानसभा चुनावों के प्रचार के तरीके में उल्लेखनीय बदलाव आया है राजनीतिक दल मतदाताओं तक पहुंच बनाने के लिए सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं फेसबुक और गूगल ने उम्मीदवारों के बारे में अधिकृत जानकारी देने के लिए निर्वाचन आयोग से पहले ही समझौता कर रखा है आकाशवाणी लखनऊ द्वारा कल कानपुर में मोती झील स्थित लाजपत भवन में आकाशवाणी संगीत सम्मेलन दो हजार उन्नीस का आयोजन किया जा रहा है

कार्यकम में संगीत की गायन तथा वादन विधाओं के मूधन्य कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे कलाकारों में विदुषी सुमित्रा गुहा गायन अनूप घोष तबला वादन डॉक्टर बिपुल कुमार राय सन्तूर वादन प्रमुख हैं हापुड़ जनपद में थाना पिलखुआ कोतवाली में पुलिस हिरासत में पूछताछ के दौरान कथित पिटाई से हुई एक व्यक्ति की मौत के मामले में चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया है पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह के निर्देश पर क्षेत्राधिकारी पिलखुआ संतोष क्मार निरीक्षक योगेन्द्र और चौकी इंचार्ज अजब सिंह तथा चार अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ युवक प्रदीप ठाकुर की हिरासत में मौत का मुकदमा दर्ज किया गया है इस मामले में इंस्पेक्टर योगेश चौकी इंचार्ज अजब सिंह और चार अन्य पुलिसकर्मियों को पहले ही निलंबित कर दिया गया है और क्षेत्राधिकारी संतोष कुमार का अन्य सर्किल में स्थानांतरण कर दिया गया है मृत युवक के परिजनों के अनुसार उसे एक युवती की हत्या के मामले में पूछताछ के लिए पुलिस थाना बुलाया गया जहां उसकी पिटाई की गयी जिससे युवक की मौत हो गयी लखनऊ में आज हिन्दू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी श्री तिवारी के ऊपर दो युवकों द्वारा हमला किया गया जो देशी तमंचा और चाकू एक मिठाई के डिब्बे में रखकर लाये थे हमलावरों ने श्री तिवारी का गला रेतने के बाद उन्हें गोली मार दी श्री तिवारी को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया

समाप्त